विधानसभा ने अलकतरा घोटाले में सत्ताईस सितम्बर को सजा पाने की तिथि से राजद विधायक इलियास हसैन की सदस्यता समाप्त कर दी है इलियास हसैन रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद विधानसभा में राजद के सदस्यों की संख्या इक्यासी से घटकर अस्सी हो गयी है इलियास हुसैन फिलहाल जेल में बंद हैं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम उन्नीस सौ इक्यावन की धारा आठ के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में इलियास हुसैन को चार साल कैद और दो लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई थी लालू प्रसाद मंत्रिमंडल में पथ निर्माण मंत्री रहते हुये उनपर उन्नीस सौ बानवे से चौरानवे के बीच अलकतरा खरीद मामले में गड़बड़ी करने का आरोप लगा था प्रदेश के उनचालीस बीएड कॉलेजों की मान्यता समाप्त होगी इन कॉलेजों पर कुलाधिपति के आदेश की अवमानना का आरोप है इन कॉलेजों में मगध विश्वविद्यालय बोधगया के तेईस मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के ग्यारह और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के पांच कॉलेज शामिल हैं आरोप है कि ये कॉलेज बार बार चेतावनी के बावजूद बीएड पोस्ट एप के माध्यम से कक्षाओं की तस्वीरें अपलोड नहीं कर रहे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि संघ अयोध्या में मंदिर निर्माण के मुद्दे पर संत समाज के साथ खड़ा है श्री भागवत भागलपुर में संघ की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए संघ समाज को संगठित और जागृत करेगा संघ प्रमुख ने कहा कि इस मुद्दे पर अध्यादेश लाना है या नहीं यह सरकार तय करेगी सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में एक झोलाछाप डॉक्टर अश्विनी कुमार को गिरफ्तार किया है उस पर आश्रय गृह की लड़कियों को नशे की सुई देने का आरोप है सीबीआई गिरफ्तार झोलाछाप डॉक्टर से पूछताछ कर रही है राज्य के सरकारी विद्यालयों में फर्जी डिग्री पर बहाल हये आठ सौ उनतीस शिक्षकों की सेवा समाप्त की जायेगी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने ऐसे शिक्षकों पर दस दिन के भीतर कार्रवाई करने का सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है इन सभी शिक्षकों की डिग्रियों को निगरानी जांच ब्यूरो ने जांच के दौरान फर्जी पाया था वैशाली जिले के रामपुर श्यामपुर गांव में एक ही परिवार के सात लोगों को जिंदा जलाकर मार देने के आरोपी जगत राय की फांसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है भागलपुर के शहीद जुब्बा साहनी केन्द्रीय कारा में बंद जगत राय को तीस नवम्बर को फांसी होनी थी भोजपुर जिले के आरा सदर अस्पताल में दो डॉक्टरों की कथित रूप से पिटाई के बाद चिकित्सकों ने ओपीडी और इमरजेंसी सेवा ठप कर दी है डॉक्टरों ने जिलाधिकारी पर पिटाई करवाने का आरोप लगाया है इधर जिलाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाजिरी नहीं बनाने वाले चिकित्सकों को बुलाने गये गार्डो से डॉक्टर उलझ गये इस दौरान मारपीट की कोई घटना नहीं हुई वहीं दूसरी तरफ बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ ने कहा है कि यदि राज्य सरकार चौबीस घंटे के भीतर जिलाधिकारी पर कार्रवाई नहीं करती है तो प्रदेशभर के अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं ठप कर दी जायेंगी पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले के दो दो पर्यटन स्थलों को चयनित कर उन्हें विकसित किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित विशेष पैकेज के तहत पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए दो सौ करोड़ रूपये का आवंटन हो चुका है इस राशि से प्रसाद योजना और स्वदेश योजना के तहत पर्यटन स्थलों का विकास किया जायेगा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बारह करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले बक्सर पीपा पुल का निर्माण कार्य इस माह के अंत तक शुरु हो जायेगा श्री चौबे ने पुल का निर्माण तय समय सीमा के अंदर पूरा करने का अधिकारियों को निर्देश दिया धान ओर गेहूँ की खरीद करने वाले पैक्सों को अब ग्यारह प्रतिशत की जगह आठ प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने सहकारिता सप्ताह के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आठ नौ और दस दिसम्बर को आयोजित होने वाली प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रवेश पत्र बाईस नवम्बर को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा आयोग ने परीक्षा में आभूषण और जूता मोजा पहनकर आने पर रोक लगा दी है इसके अलावा परीक्षार्थी परीक्षा भवन में किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पेन पेंसिल भी नहीं ले जा सकते हैं हजरत मोहम्मद साहेब का जन्मदिन ईद मिलाद्रन्नबी आज धार्मिक आस्था से मनाया जा रहा है पैगम्बर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को उजागर करने के लिए मिलाद महफिल और सीरत मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले जाएंगे राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर मुस्लिम भाई बहनों को बधाई और शुभकामनाएं दी है श्री टंडन ने अपने संदेश में कहा कि पैगम्बर साहब से सत्य नैतिकता त्याग और प्रेम की प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री ने कहा कि पैगम्बर साहब का संदेश प्रेम सहिष्णुता शांति और विश्व बंधुत्व का है एक महीने तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का सोनपुर पशु मेला आज से शुरू हो रहा है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी इसका उद्घाटन करेंगे मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं देश के विभिन्न हिस्सों से आये व्यवसायी पालतू पशु लेकर मेला स्थल पर पहुंचे हैं वहीं बड़ी संख्या में कृषि संबंधी उपकरणों और अन्य सामानों के स्टॉल भी लगाये गये हैं पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के सीतारामपूर स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग काम के कारण बाईस और चौबीस नवम्बर को पटना हावड़ा जनशताब्दी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है वहीं कई ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जायेगा पटना के एसकेपूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेश रोड में खूले नाले में गिरे बच्चे का चार दिन बीतने के बाद भी सुराग नहीं मिल पाया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आज भी बच्चे की तलाश करेगी पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले जा रहे कूच विहार अन्डर नाईनटिन क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार के खिलाफ अरूणाचल प्रदेश की टीम फालोऑन खेल रही है बिहार की टीम पहली ने पारी में तीन सौ चौंसठ रन बनाये जिसके जवाब में अरूणाचल प्रदेश की टीम एक सौ पचानवे रन ही बना सकी बिहार की ओर से स्पिनर सूरज कश्यप ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुये छह विकेट लिये दूसरी पारी में अरूणाचल प्रदेश ने इक्यासी रनों पर दो विकेट गंवा दिया है कटिहार स्टेशन पर खड़ी सिल्लीगुड़ी कटिहार सवारी गाड़ी से रेल पुलिस ने छापेमारी कर पचानवे लीटर शराब बरामद की है कुख्यात नक्सली विनय राम ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी मनोज कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है विनय राम के खिलाफ चार जिलों के अलग अलग थानों में दर्जनों केस दर्ज हैं वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुये सड़क हादसों में तीन लागों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गये पश्चिमी चम्पारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र अन्तर्गत हरदी नवादा स्थित एक बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र से अपराधियों ने चार लाख रूपये दो लैपटॉप और दो मोबाईल लूट लिये और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आर्म्स एक्ट मामले में फरार चल रही रहीं पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के आत्मसमर्पण और म्रजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकूर की सहयोगी मध्र की गिरफ्तारी की खबर आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने लिखा है मंजू का सरेंडर मधू गिरफ्तार दैनिक भास्कर लिखता है बचने के सारे रास्ते बंद हो गये तो शॉल से मुंह ढ़ंक कर चूपके से मंजू वर्मा ने कोर्ट में किया सरेंडर ग्यारह दिन के लिए जेल भेजी गयीं दैनिक जागरण प्रभात खबर राष्ट्रीय सहारा और आज ने राजद विधायक इलियास हुसैन की सदस्यता समाप्त होने की खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है वहीं प्रदेश के उनचालीस बीएड कॉलेजों की मान्यता समाप्त होने की खबर भी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है